इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जरूरतमंद लोग इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं और रक्त संबधी जानकारी ले सकते हैं उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम चार यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हैं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश को ई पंचायत के लिए देशभर में प्रथम प्रस्कार मिलना एक बहत बड़ी उपलब्धि है उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश के मेहनतकश लोगों सहित पंचायती राज विभाग के ॅसमी अधिकारियों व कर्मचारियों को जाता है

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत होने वाले कायों को भी ऑनलाइन श्रेणी में लाया गया है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ई पंचायत व्यवस्था से पंचायतों के कामकाज में कूशलता पारदर्शिता व दक्षता आई है और पंचायतों के विभिन्न कार्यों की निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है

कोरोना महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है

कांग्रेस गत दिनों भारत चीन सीमा पर गलवान में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्वासुमन अर्पित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कल सलाम दिवस आयोजित करेगी कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिलों व ब्लॉक में कांग्रेस शहीदों को नमन करते हुए श्रद्दासुमन अर्पित करेगी उन्होंने केन्द्र सरकार से चीन द्वारा कब्जाई गई भारतीय जमीन को तुरंत वापिस लेने की भी मांग की

जम्वाल ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल लागू किया था जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर पूरी तरह से मनमानी की गई थी जम्वाल ने कहा कि रातो रात पूरे देश को जेल में तबदील कर दिया गया प्रैस अदालतों और भाषण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया उन्होंने कहा कि देश उन सभी महान विभूतियों को नमन करता है जिन्होंने भीषण यातनाएं सहकर आपातकाल का जमकर विरोध किया बैठक प्रदेश कौशल विकास निगम की परियोजना निगरानी कार्यान्वयन समिति की बैठक आज शिमला में निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में तकनीकी शिक्षा शहरी विकास श्रम एवं रोजगार उच्च शिक्षा लोक निर्माण और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए रोहन चंद ठाकर ने कहा कि उत्कष्ठ केन्द्रों के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि कौशल विकास निगम शहरी रोजगार केन्द्र और ग्रामीण रोजगार केन्द्रों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करते हुए ऑनलाईन प्रशिक्षण पर विचार कर रहा है

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने बताया कि ऐसा न करने पर उनके शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारक को लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकरण कार्यालय में अपने मूल लाइसेंस के साथ आना होगा और इस प्रक्रिया में किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है